इस संबंध में न्यायमूर्ति आफताब आलम की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रस्तावित कानून का प्रारूप तैयार कर लिया है इस पर पत्रकारों पत्रकार संगठनों और आमजनों से चर्चा कर सुझाव प्राप्त करने के लिए समिति सोलह से अट्ठारह नवम्बर तक राज्य के विभिन्न अंचलों का दौरा करेगी पैरा गौठान पिछले दिनों नई दिल्ली जैसे स्थानों में पैरा या पराली जलाने के कारण हुए पर्यावरण प्रद्षण को देखते हुए रायपुर जिला प्रशासन ने किसानों से आग्रह किया है कि वे पैरा नहीं जलाएं बल्कि इसे गौठानों को जनहित में ज्यादा से ज्यादा दान करें अब तक रायपुर जिले के दो सौ छिहत्तर गांवों के साढ़े तीन हजार से अधिक किसानों ने करीब एक लाख क्विंटल पैरा गौठानों के लिए दान करने पर सहमति व्यक्त की है गौठानों में पैरा को सुरक्षित रखने के लिये तकनीकी सहयोग भी लिया जाएगा रायपुर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने अधिकारियों की एक बैठक लेकर गौठानों में बेलर जैसे कृषि यंत्रों का उपयोग बढ़ाने पर जोर दिया उन्होंने कहा कि जनसहयोग से गौठान में पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता बढ़ाने तथा धान कटाई और बाली को निकालने के बाद पैरे को बंडल बनाकर ट्रांसपोर्ट करने से उसे लंबे समय तक उपयोग में लाने में मदद मिल सकेगी उन्होंने कहा कि इस कार्य में स्व सहायता समूहों की महिलाओं की मदद ली जा सकती है गुरूनानक जयंती सिखों के प्रथम ग्रु और सिख पंथ के संस्थापक ग्रुनानक देव जी की पांच सौ पचासवीं जयंती आज देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुनानक जयंती पर आम जनता को बधाई दी है इस मौके पर आज राजधानी रायपुर के गुरूद्वारों में शबद कीर्तन और लंगर आयोजित किए गए खालसा स्कूल में आयोजित प्रकाश पर्व में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए उन्होंने गुरू ग्रंथ साहिब पर मत्था टेका और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुरूनानक देव महान संत थे जिन्होंने जीवन जीने की कला सिखाई और प्रेम सदाचार भाईचारा तथा समानता का संदेश दिया मुख्यमंत्री बिलासपुर के गुरूनानक स्कूल परिसर में आयोजित प्रकाश पर्व महोत्सव में भी शामिल हुए इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुरूनानक देवजी ने ऊंच नीच भेदभाव और जातिवाद से ऊपर उठकर जो मानवता का संदेश दिया है उसे आमजन भी अमल में लाएं उन्होंने बताया कि करतारपुर की यात्रा के लिए प्रदेश सरकार ने भी व्यवस्था की है इच्छुक व्यक्ति इस यात्रा में जा सकते हैं प्रदेश के अन्य जिलों में भी प्रकाश पर्व के मौके पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा वहीं प्रदेश में आज कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर जगह जगह मेले का आयोजन किया जा रहा है श्रद्दाल्ओं ने आज सुबह नदियों में पवित्र स्नान कर भगवान शिव की आराधना की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज तड़के कार्तिक पुन्नी के अवसर पर रायपुर के महादेवघाट पहुंचकर खारून नदी में पुण्य स्नान किया मुख्यमंत्री नदी के तट पर परंपरागत गंगा आरती कार्यक्रम में भी शामिल हुए और दीपदान किया उन्होंने नदी तट पर स्थित ऐतिहासिक हटकेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की उन्होंने इस मौके पर प्रदेश के विकास और जनता की सुख समृद्धि की कामना की इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया वहीं राजनांदगांव जिले के मोहारा में शिवनाथ नदी में बड़ी संख्या में लोगों ने कार्तिक स्नान किया और दीपदान कर पूजा अर्चना की इस मौके पर नदी किनारे मेले का भी आयोजन किया गया है वहीं दुर्ग में बड़ी संख्या में श्रद्वालुओं ने शिवनाथ नदी में पुन्नी स्नान कर दीपदान किया

बघेल गहलोत मुलाकात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल अपने जयपुर प्रवास के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनके कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की इस मौके पर श्री बघेल ने राजस्थान सरकार के कार्यो की सराहना करते हुए छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए चलाई जा रही सुराजी गांव योजना और राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए उठाए गए कदमों और निर्णयों की जानकारी दी श्री गहलोत ने छत्तीसगढ़ में ग्रामीण और शहरी विकास और किसानों सहित सभी वर्गों के कल्याण के लिए किये जा रहे कार्यो की प्रशंसा की लोक सेवा प्रसारण दिवस आज लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है यह दिवस वर्ष उन्नीस सौ सैंतालीस में आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पहली और आखिरी बार आने की स्मृति में हर वर्ष मनाया जाता है उस दिन राष्ट्रपिता ने विभाजन के बाद अस्थायी रूप से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ठहराए गए विस्थापितों को आकाशवाणी से संबोधित किया था इस उपलक्ष्य में आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी केन्द्र में एक समारोह का आयोजन किया गया इस अवसर पर प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश ने आकाशवाणी के लाखों श्रोताओं को शुभकामनाएं दीं राजधानी रायपुर में ओल्ड लिसनर्स ग्रप ऑफ छत्तीसगढ़ जोन द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित कर लोक सेवा प्रसारण दिवस के साथ ही महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती मनाई गई बाल दिवस कांग्रेस भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती बाल दिवस के रूप में चौदह नवम्बर को पूरे प्रदेश में उल्लास और उत्साह के साथ मनाई जाएगी प्रदेश कांग्रेस द्वारा इस मौके पर प्रार्थना सभाएं पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे इसके अलावा संगोष्ठी गरीब मरीजों को फलों का वितरण और शालाओं में बच्चों को मिठाई का वितरण भी किया जाएगा इन कार्यक्रमों में पार्टी के सांसदों के अलावा वरिष्ठ जनप्रतिनिधि मोर्चा संगठन प्रकोष्ठ विभाग के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाग लेंगे कोरबा दुर्घटना कोरबा में पिछले चौबीस घंटों के दौरान हुई तीन अलग अलग दुर्घटनाओं में चार लोगों की मौत हो गई वहीं सात अन्य घायल हो गए हैं हरदीबाजार के पास आज सुबह प्रेशर मशीन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि दो अन्य युवक घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है यह हादसा आज सुबह उस वक्त हुआ जब एक मोटरसाइकिल प्रेशर मशीन के पहियों के नीचे आ गई हादसे में मोटरसाइकिल चालक की मौके पर ही मौत हो गई वहीं नगर में बीती रात दो मोटरसाइकिलों में हुई भिडंत में दो युवकों की मौत हो गई हादसे में चार अन्य लोग घायल हो गए हैं घायलों को उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है जहां एक युवक की हालत नाजुक बनी हुई है इसके अलावा सीपत मार्ग पर देर रात एक तेज रफ्तार एंबुलेंस के खड़ी ट्रक से टकरा जाने से चालक की मौत हो गई वहीं एंबुलेंस सवार एक अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है घटना की खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल चालक को सीपत अस्पताल पहुंचाया जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया विश्व निमोनिया दिवस आज विश्व निमोनिया दिवस है प्रत्येक वर्ष बारह नवंबर को पूरी दुनिया में यह दिवस मनाया जाता है सर्दी के मौसम में निमोनिया के मामले ज्यादा आते हैं एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष पांच वर्ष से कम आयु के पंद्रह प्रतिशत बच्चों की मौत निमोनिया की वजह से हुई है दुनियाभर में यह बच्चों के लिए सबसे बड़ी जानलेवा संक्रामक बीमारी है मलेरिया दस्त और खसरा को मिलाकर जितनी मौतें होती हैं उससे कहीं ज्यादा मौतें अकेले इस बीमारी से होती हैं मुक्तिबोध नाट्य समारोह छत्तीसगढ़ के जाने माने कवि और लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध की जयंती के अवसर पर कल से राजधानी रायपुर में मुक्तिबोध राष्ट्रीय नाट्य समारोह का आगाज होने जा रहा है छत्तीसगढ़ी फिल्म एंड विजुअल आर्ट सोसायटी द्वारा आयोजित इस पांच दिवसीय समारोह में मुंबई जबलपुर सीधी और छिंदवाड़ा के नाट्य दल शामिल होंगे इस कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति विभाग के मुक्ताकाशी मंच पर शाम सात बजे से किया जाएगा समारोह के अंतिम दिन सत्रह नवंबर को जाने माने आर्ट डायरेक्टर जयंत देशमुख और रंगकर्मी आलोक चटर्जी रंगमंच और सिनेमा पर बातचीत करेंगे जांजगीर बास्केटबॉल जांजगीर में इन दिनों उन्नीसवीं राज्य स्तरीय बास्केटबॉल स्पर्धा के मुकाबले हो रहे हैं कल से शुरू हुई इस चार दिवसीय स्पर्धा में प्रदेशभर की बालक बालिका वर्ग की इकतालीस टीमों के करीब पांच सौ खिलाड़ी भाग ले रहे हैं इनमें तेईस पुरूष और अट्ठारह महिला वर्ग की टीमें शामिल हैं छत्तीसगढ़ बास्केटबॉल संघ द्वारा आयोजित इस स्पर्धा का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने किया संक्षिप्त समाचार दंतेवाड़ा जिले के तुमनार क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने आज एक महिला सहित दो माओवादियों को गिरफ्तार किया है इनमें से एक माओवादी पर दो लाख रूपये का इनाम घोषित था ये दोनों दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले में सक्रिय माओवादी संगठन के सदस्य बताए जाते हैं